एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का उद्देश्य देश की विविधता में एकता को रेखांकित करना और सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के बीच सम्पर्क से राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत करना है

यह कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय आयोजित कर रहा है और इसका उद्देश्य परजीवी कृमि का प्रभाव कम करने के लिए बच्चों और किशोरों की आंतों को कृमिरहित करना है इससे पेट के कीड़ों की समस्या को जन स्वास्थ्य समस्या बनने से रोका जा सकेगा

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और अध्यापक आंगनवाड़ी केन्द्रों और स्कूलों में बच्चों और किशोरों को कुमिरोधी दवा की खुराक देंगे आशा कार्यकर्ता सामुदायिक भागीदारी के जरिए इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करेंगी

हांगकांग और चीन के अलावा सिंगापुर और थाइलैंड से आने वाली सभी उड़ानों की जांच की जा रही है

स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहयोग उपलब्धं करा रहा है अब तक एक हजार पांच सौ दस नमूनों की जांच की गई है और एक हजार पांच सौ सात को निगेटिव पाया गया है केवल तीन नमूने केरल में पॉजिटिव पाये गए थे कोरोना वायरस संक्रमण का फैलाव रोकने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है सभी राज्य स्थिति से निपटने की कार्रवाई मजबूत कर रहे हैं हुनर हाट केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कल इंदौर में कहा है कि उनके मंत्रालय द्वारा देश भर में आयोजित किर्ये जा रहे हुनर हाट जरूरतमंद दस्तकारों शिल्पकारों के आर्थिक सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित हुए हैं श्री नकवी ने शहर के विजय नगर इलाके में हनर हाट का राज्यपाल लालजी टंडन के साथ उदघाटन किया

इस अवसर पर राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा कि भारत विभिन्नता वाला देश है जहाँ अलग अलग कला संस्कृति भाषा वेशभूषा है उन्होंने कहा कि यही हिंदुस्तान की पहचान है कुलस्ते आदिवासी महोत्सव केन्द्रीय इस्पात राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने मण्डला में आयोजित होने वाले आदिवासी महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिये उन्होंने बताया कि आदिवासी महोत्सव आदिवासी संस्कृति से जुड़े लोगों का समागम है मण्डला की समुद्ध आदिवासी सांस्कृतिक विरासत और इतिहास से देश दुनिया को परिचित कराने के उद्देश्य से रामनगर में आदिवासी महोत्सव का आयोजन होता रहा है

इसी तरह जिन छात्र छात्राओं ने अब तक परीक्षा के लिए आवेदन पत्र नहीं भरा है और वे परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो वे स्वाध्यायी छात्र के तौर पर ऑनलाईन परीक्षा आवेदन निर्धारित परीक्षा शुल्क और विलम्ब शुल्क साढ़े सात हजार रुपये जमा करके आवेदन भर सकते हैं